उन्होंने बताया कि जब भी मनरेगा में कोई मांग की जाती है तो सरकार उसे पूरा करने का प्रयास करती है राज्यसभा में एक प्रश्न के उत्तर में श्री तोमर ने कहा कि मनरेगा में मांग बढ़ने के बाद बजट में भी वृद्धि की गई है

वहीं प्रदेश में कोरोना के नये मामलों में लगातार कमी देखने को मिल रही है

जीएसटी छापा म्रैना जिले में आज जी एस टी टीम ने तंबाकू व्यवसायी हरीशंकर ग्प्ता के आधा दर्जन ठिकानों पर छापा मारा पोरसा में तंबाकू व्यवसायी के द्कान मकान तथा गौदाम पर अभिलेखों की जांच की जा रही है हमारे म्रैना संवाददाता के मुताबिक आज स्बह ही जीएसटी का अमला एक दर्जन वाहनों से पोरसा पहुंचा श्री ग्प्ता मुरैना के साथ जिला व प्रदेश के अन्य राज्यों में भी तंबाक् सप्लाई करते है

इसके अन्तर्गत जिले में प्रति सोमवार एवं ग्रूवार को गांवों में भ्रमण हेत् गठित स्शासन टीम के सदस्यों द्वारा क्पोषित बच्चों के कुपोषण स्तर में स्धार लाने हेत् निगरानी की जाएगी सेल्फी फॉर स्धार अभियान के तहत प्रत्येक ग्राम पंचायत में कितने बच्चे क्पोषित हैंए इसकी जानकारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के पास उपलब्ध होगी साथ ही पंचायतवार अति क्पोषित बच्चों की सूची महिला बाल विकास विभाग दवारा भी उपलब्ध करवाई जाएगी

इन सड़को के निर्माण और रख रखाव की जिम्मेदारी अब लोक निर्माण विभाग उठायेगा